गांधी जयंती के मौके पर छत्तीसगढ़ विधानसभा का दो दिवसीय विशेष सत्र आज से शुरू हुआ

राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद उपराष्ट्रपति प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह कांग्रेस एम वेंकैया नायडु अध्यक्ष सोनिया गांधी पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह वरिष्ठ नेता राहुल गांधी कई केन्द्रीय मंत्रियों और भाजपा तथा विपक्ष के नेताओं ने नई दिल्ली में राजघाट स्थित बापू की समाधि पर पुष्पांजलि अर्पित की आज सुबह राजधाट में सर्वधर्म प्रार्थना सभा का आयोजन भी किया गया प्रधानमंत्री ने एक ट्वीट में मानवता के प्रति महात्मा गांधी के योगदान के लिए उनका आभार व्यक्त किया श्री मोदी ने इस अवसर पर कहा कि गांधीजी के सपनों को साकार करने और दुनिया को बेहतर बनाने के लिए हम सभी को मिलकर कठोर मेहनत करने का संकल्प लेना चाहिए एक संक्षिप्त वीडियो संदेश में श्री मोदी ने कहा कि गांधीजी का शांति का संदेश विश्व के लिए आज भी प्रासंगिक है प्रधानमंत्री ने गांधी जी द्वारा बताये गये सात सामाजिक पापकर्मो से बचने का भी लोगों से आग्रह किया है

इस अवसर पर श्री शाह ने आज के दिन से लोगों से सिर्फ एक बार इस्तेमाल किये जा सकने वाले प्लास्टिक का उपयोग बंद करने का संकल्प लेने का भी आग्रह किया भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि पार्टी कार्यकर्ता आज से इकतीस अक्टूबर तक देशभर में पदयात्राएं कर गांधीजी के स्वदेश स्वधर्म और स्वदेशी जैसे महान जीवन मूल्यों को गांव गांव और घर घर तक पहुंचाएंगे इसी कड़ी में आज रायपुर में आनंद समाज वाचनालय ब्राम्हण पारा से सांसद सुनील सोनी ने अनेक कार्यकर्ताओं के साथ अपनी पदयात्रा का शुभारंभ किया गांधी जी के विचार को जन जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से निकली इस पदयात्रा के माध्यम से स्वच्छ स्वस्थ और समृद्द भारत के गांधी जी के सपने को साकार करने लोगों तक संदेश पहुंचाने का कार्य किया जाएगा इसके अलावा गांधी जयंती पर केन्द्रीय खेल मंत्री किरेन रिजिजू ने आज इंदिरा गांधी स्टेडियम से प्लास्टिक कचरे की सफाई करते हुए दौड़ लगाने की फिट इंडिया प्लॉग रन को रवाना किया यह दौड़ राजधानी दिल्ली में दो सौ पच्चीस स्थानों सहित देशभर में दो हजार से अधिक जगहों पर आयोजित की जा रही है इधर रायपुर स्थित नेहरू युवा केंद्र के स्वयंसेवक भी आज प्लॉगिंग दौड़ में शामिल हुए करीब दो सौ स्वयंसेवकों ने दौड़ लगाकर प्लास्टिक कचरे का उपयोग नहीं करने का सन्देश दिया महापौर प्रमोद दुबे ने करीब दो किलोमीटर की इस दौड़ को हरी झण्डी दिखाकर रवाना किया खास बात यह थी कि स्वयंसेवक सड़क किनारे पड़े प्लास्टिक कचरे को ट्रेस बैग में भरकर दौड़ लगाते रहे साथ ही लोगों को तख्तियों और नारों के माध्यम से सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग नहीं करने के प्रति जागरूक करते हुए अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रेरित करने की सामूहिक शपथ भी दिलाई

सदन में आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय लालबहादुर शास्त्री को उनकी जयंती पर श्रद्धासुमन अर्पित किए गए इस अवसर पर राज्यपाल अनुसुईया उइके मुख्यमंत्री भूपेश बघेल विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत और नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक सहित कई अन्य जनप्रतिनिधि उपस्थित थे सदन में अपनी बात रखते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि महात्मा गांधी हिंसा के विरोधी थे छत्तीसगढ़ में माओवाद हिंसा में अनेक लोगों की मौतें हुई हैं और बहुत से लोग बेघर हुए हैं उन्होंने सदन में ऐलान किया कि माओवादी हिंसा से प्रभावित और बेघर हुए लोगों के लिए राज्य सरकार मकान बनाकर देगी श्री बधेल ने सदन में यह घोषणा भी की कि आदिवासियों की सेवा में उत्कृष्ट योगदान देने वाले डॉक्टर प्रभुदत्त खेड़ा के नाम से एक पुरस्कार प्रारंभ किया जाएगा जो आदिवासियों की सेवा के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान देने वाले अधिकारी जनप्रतिनिधि संस्था और प्रतिनिधियों को दिया जाएगा श्री बघेल ने राज्य में आज से मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान मुख्यमंत्री हाट बाजार क्लीनिक योजना मुख्यमंत्री शहरी स्लम क्लीनिक योजना सार्वभौम पीडीएस योजना और मुख्यमंत्री वार्ड कार्यालय योजना प्रारंभ करने की घोषणा भी की मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ विधानसभा देश की प्रथम विधानसभा है जहां राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की एक सौ पचासवीं जयंती पर उन्हें श्रद्धासुमन अर्पित करने के लिए विशेष सत्र का आयोजन किया जा रहा है मुख्यमंत्री ने सदन में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के मार्ग पर चलने का संकल्प रखा और यह घोषणा की कि नया रायपुर में गांधी भवन बनाया जाएगा

श्री कौशिक ने कहा कि गांधीजी की सोच को साकार किया जाता तो आजादी के सत्तर साल बाद भी कोई व्यक्ति शोच के लिए बाहर नहीं जाता उन्होंने कहा कि स्वच्छता अभियान के जरिये प्रधानमंत्री ने खुले में शौच मुक्त की परिकल्पना को साकार करने की कोशिश की है इस दो दिवसीय विशेष सत्र के दौरान विभिन्न पार्टियों के विधानसभा सदस्य महात्मा गांधी के व्यक्तित्व और कृतित्व पर अपने विचार व्यक्त कर रहे हैं विधानसभा परिसर में आज कबीर भजन गायक पद्मश्री डॉक्टर भारती बंधु ने बापू के प्रिय भजनों की प्रस्तुति दी कल विशेष सत्र के दूसरे और अंतिम दिन सुबह ग्यारह बजे से दोपहर डेढ़ बजे तक सदन की कार्यवाही चलेगी राजभवन स्वच्छता अभियान गांधी जयंती के मौके पर आज रायपुर स्थित राजभवन में राज्यपाल अनुसुइया उइके की अगुवाई में स्वच्छता अभियान चलाया गया सुश्री उइके ने झाड़ू लगाकर स्वच्छता का संदेश दिया और लोगों को स्वच्छता अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया इस दौरान राजभवन के सभी अधिकारी और कर्मचारियों ने राजभवन परिसर में झाड़ू लगाकर सफाई की वहीं आज राजभवन में महाविद्यालयीन विद्यार्थियों के लिए संगोष्ठी का आयोजन भी किया गया इसका विषय था वर्तमान परिप्रेक्ष्य में महात्मा गांधी जी के विचारों की प्रासंगिकता इस अवसर पर राज्यपाल ने कहा कि महात्मा गांधी के विचार आज भी प्रासंगिक है उन्होंने पूरे विश्व को त्याग और अहिंसा की सीख दी है राज्यपाल ने आज सुबह विधानसभा परिसर में गांधी जी के व्यक्तित्व और कृतित्व पर आधारित छायाचित्र और डाक टिकटों की प्रदर्शनी का भी शुभारंभ किया

इस पदयात्रा में हजारों की संख्या में नन्हें बच्चे महात्मा गांधी की वेशभूषा में शामिल हुए इन बच्चों के साथ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और राज्यसभा सांसद पीएल पुनिया सहित बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि आम नागरिक और अधिकारी कर्मचारी भी पदयात्रा में शामिल हुए वन्यप्राणी संरक्षण सप्ताह राज्य में आज से वन्यप्राणी संरक्षण सप्ताह मनाया जा रहा है इस सिलसिले में आज राजधानी रायपुर में सायकल रैली निकाली गई अपर मुख्य सचिव आरपी मंडल और प्रधान मुख्य वन संरक्षक राकेश चतुर्वेदी सहित अन्य अधिकारियों ने हरी झंडी दिखाकर इस रैली का शुभारंभ किया रैली में लगभग एक हजार स्कूली बच्चे सहित वन विभाग के अधिकारी और कर्मचारी शामिल हुए चित्रकोट उप चुनाव चित्रकोट विधानसभा उप चुनाव के लिए दाखिल नामांकन पत्रों में से दो उम्मीदवारों के नाम निर्देशन पत्र निरस्त कर दिए गए हैं अब इस उप चुनाव के लिए कांग्रेस भाजपा जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया सहित कुल सात उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं इस उप चुनाव के लिए नौ उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल किया था कल तीन अक्टूबर नाम वापस लेने की अंतिम तिथि है इस उप चुनाव के लिए इक्कीस अक्टूबर को मतदान होगा सिंहदेव सुपेबेड़ा स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने गरियाबंद जिले के सुपेबेड़ा में किडनी की बीमारी से जूझ रहे ग्रामीणों को आश्वस्त किया है कि सरकार उनके इलाज की सभी सुविधाएं उपलब्ध कराएगी श्री सिंहदेव आज सुपेबेड़ा के दौरे पर गए थे और उन्होंने वहां प्रभावित लोगों से मिलकर चर्चा की श्री सिंहदेव के साथ स्वास्थ्य संचालक डॉक्टर नीरज बंसोड़ और एम्स रायपुर के डायरेक्टर डॉक्टर नितिन नागरकर भी सुपेबेड़ा पहुंचे थे

इस योजना के तहत प्रदेश के मैदानी और माओवाद प्रभावित क्षेत्रों में बेहतर कार्य करने वाले एक सौ पचास निरीक्षकों और उप निरीक्षकों को पुरस्कृत किया जाएगा एक सौ पचास में से सौ पुरस्कार माओवाद प्रभावित बस्तर रेंज के सात जिलों सहित राजनांदगांव जिले में कार्यरत निरीक्षकों और उपनिरीक्षकों को दिए जाएंगे इसके अलावा पचास पुरस्कार उन्नीस जिलों में पदस्थ पुलिसकर्मियों को प्रदान किए जाएंगे